इन सीटों पर प्रदेश के ढाई करोड़ से अधिक मतदाता चौदह महिलाओं सहित एक सौ सतहत्तर उम्मीदवारों के भाग्य का फैंसला करेंगे

छठे चरण का चुनाव जिनकी किस्मत का फैसला करेगा उनमे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा उम्मीदवार और राज्य सरकार में मंत्री रीता बहग्णा जोशी और मुक्ट बिहारी वर्मा भाजपा नेता जगदबिका पाल हरीश ट्विवेदी और कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय सिंह शामिल है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार सोनभद्र चुनाव सम्पन्न कराने के लिये मतदानकर्मी अपने अपने निर्धारित द्थों पर पहुंचने लगे हैं

लोकसभा चुनाव के छठें चरण में मतदान शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिये प्रदेश की सिद्दार्थनगर बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों से सटी पड़ोसी देश नेपाल के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को कल रात सील कर दिया गया आधिकारिक सुत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया कि सीमा पर निगरानी के लिये भारी सुरक्षा बल तैनात करने के साथ साथ सीसी टीवी कैमरे भी लगाये गये हैं छठें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद सातवें और अन्तिम चरण के चुनाव प्रचार में तेजी आ गयी है सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक सातवें चरण की विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में जा कर जनसभायें और रैलियां कर रहे हैं इस दौरान वह अपने दल और प्रत्याशी की खुबियां गिनाकर समर्थन मांग रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सोनभद्र जिले के रावर्ट्सगंज में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुये कहा कि गठबंधन की सरकार ने अपने समय में हमारे पूरे खुफिया तंत्र को खोखला कर दिया था जिसका खामियाजा देश को लम्बे समय तक भ्गतना पड़ा कॉग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पार्टी में राष्ट्रहित की बजाय परिवार हित को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सेरकार ने भेदभाव को दरकिनार कर सभी वर्ग के विकास के लिये कार्य किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के भाटपार रानी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि कॉग्रेस जब खुद को वोट कटवा कहने लगी है तो जनता को उससे कोई उम्मीद नही होनी चाहिये देवरिया के सलेमपुर में एक सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन भ्रष्टाचार के लिये हुआ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गोरखपुर के पिपराइच के जीतपुर में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि छठें चरण तक के चुनाव में भाजपा पूरे प्रदेश में हार रही है गठबंधन प्रदेश की सीटों को प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में जनता त्रस्त है स्वच्छता अभियान चलाने वालों से प्रदेस की जनता मुक्त होना चाहती है उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के दो हजार अट्ठारह के उस कानून को उचित करार दिया जिसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति और वरिष्ठता में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है न्यायालय ने राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नति से संबंधित दो हजार अट्ठारह के कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कल यह फैसला सुनाया न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने व्यवस्था दी कि आरक्षण का फायदा देने से प्रशासन की कार्यकुशलता पर असर नहीं पड़ेगा और यह योग्यता के सिद्वांत का उल्लंघन भी नहीं है आज प्रौद्योगिकी दिवस है आज ही के दिन उन्नीस सौ अट्ठानबे में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना परमाण् परीक्षण सफलतापूर्वक किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोखरण परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्नीस सौ अट्ठानबे में इसी दिन हमारे वैज्ञानिकों ने अदभुत सफलता प्राप्त की थी और देश को गौरवान्वित किया था उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से भारत मजबूत और सुरक्षित रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षण की सफलता में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगियों की बड़ी भूमिका रही है